बिरसामुण्डा ने आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिये अंग्रेजों से युद्ध किया उनका कार्यक्षेत्र तत्कालीन छोटा नागपुर का पठार जो अब झारखंड में है और तत्कालीन मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में था आदिवासियों के अधिकारों के लिये बिरसामुण्डा ने अंग्रेजों से भी लोहा लिया इस बार बिरसामुण्डा की जयंती प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ष्जनजाति गौरव दिवस ् के रूप में मनाई जा रही है उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायड् ने स्वतंत्रता संग्राम सैनानी बिरसामुण्डा के जन्म दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि धरतीआबा के नाम से प्रसिद्ध बिरसामुण्डा ने अंग्रेजों के दमन के खिलाफ जनजातियों को एक जुट किया उनके द्वारा जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के लिये किये गये प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट में बिरसामुण्डा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा की वे सही अर्थो में गरीबों के मसीहा थे और उन्होंने समाज के वंचित और पीढ़ित तबके के लिये भलाई का काम किया आज भोपाल के जनजाति संग्रहालय में शाम साढ़े पांच बजे शहीद बिरसा मुण्डा की जयन्ती पर कार्यक्रम आयोजित होगा संस्कृति विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के इस कार्यक्रम में जनजाति जननायकों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और उनके योगदान के स्मरण पर विशेष कार्यक्रम होंगे इनमें उनकी शौर्यगाथा से जनमानस को अवगत करवाया जाएगा दीपावली गोवर्धन पूजा पांच दिवसीय दीपावली पर्व के चौथे दिन आज प्रदेश में भी गोवर्धन पूजा या अन्नकूट मनाया जा रहा है इस दिन गौवंशीय पशुओं को आकर्षक ढंग से सजाकर उनकी पूजा की जाती है आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि विमिन्न मंदिरों और घरों में अन्नकूट के आयोजन के साथ ही महिलाएं सुहाग पंडवा पर्व मना रही हैं धार जिले में भी आज विभिन्न स्थानों पर गोवर्धन पूजा और गाय गोहरी के आयोजन किये जायेंगे इससे पहले कल पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ लक्ष्मीपूजन किया गया वहीं घरों पर सदस्यों ने दीये जलाए और मिष्ठान वितरित किया खंडवा में भी आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट विधि विधान पूर्वक मनाया जा रहा है शिवपुरी जिले में भी गौवंश की पूजा की जा रही है और अन्नकूट का दौर भी शुरू हो गया है बिजली मीटर मध्यप्रदेश अब रेडियो फ्रिक्वेंसी तरीके से बिजली के बिल भेजने की दिशा में कदम बढा रहा है